प्रदेश में आज होगा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ने दिये संकेत

सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर दतिया में जन्में अभिनेता जगदीप का निधन

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि इससे इन राज्यों के लिए कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन और संघ के नेताओं के साथ ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से सलाह मशविरा के बाद विभागों के बटवारा का जो खाका तैयार किया है उसमें किसी तरह का विवाद ना हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है बीते मंगलवार को निर्धारित समय पर होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक कई बार टालने के बाद यह बैठक आज शाम होगी समझा जा रहा है कि इससे पहले ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा संकेत मिला है कि पांच पुराने मंत्रियों के विभागों में भी कुछ फेरबदल कर नए सिरे से सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाएगा मुख्यमंत्री एक दो महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास भी रख सकते हैं साथ ही दो से तीन राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा जा सकता है

आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर एक दिन पहले पॉजिटिव पाये गये बैंक कर्मचारी की पत्नी भी संक्रमित मिली है वहीं नीमच में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

वहीं डिण्डोरी जिले में भी अभियान के तहत सर्वे किया जा रहा है

रेल निजीकरण रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के दावों का खंडन किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की सभी मौजूदा सेवाएं चालू रहेंगी और रेलवे का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों से प्रदेश की परिस्थिति बदल रही हैं प्रदेश में आने जाने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच होगी

इस बीच टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज से शनिवार सुबह पांच बजे तक पूर्णबंदी की गई है इस दौरान सब्जी फल किराना सहित सभी दुकानों के खुलने पर पाबंदी रहेगी कलेक्टर की ओर से जारी किये गये निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान लोग घरों में रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके मोबाईल ऐप प्रदेश में अब मोबाईल एप्प की मदद से घर बैठे ईलाज की सुविधा मुहैया होगी इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से ई संजीवनी ओपीडी एप डाउनलोड करना होगा इए एप्प के इंस्टाल होने के बाद व्यक्ति डाक्टर्स ओपीडी का घर बैठे निःशल्क सुविधाएं प्राप्त कर सकता है डाक्टर्स ओपीडी की सुविधा निःशुल्क सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगी जगदीप निधन हिन्दी फिल्मों के मशहूर अभिनेता जगदीप का कल देर शाम निधन हो गया

दतिया में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था

उनकी सबसे यादगार भुमिका फिल्म शोले में रही जिसमें उन्होंने सूरमा भोपाली के रूप में दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोंडी जगदीप ने बाल कलाकार के रूप में अभिनय करियर की शुरूआत की थी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जगदीप के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके मशहूर किरदार को याद किया वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी श्रद्वांजलि अप्रित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की है जगदीप को आज मुंबई में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा